भाजपा जदयू और लोजपा ने बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सीटों की घोषणा कर दी है पटना में आयोजित तीनों घटक दलों की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने इसकी घोषणा की जदयू अपने कोटे की सत्रह सीटों में वाल्मीकिनगर झंझारपुर सीतामढ़ी सुपौल पूर्णियां किशनगंज कटिहार मधेपुरा भागलपुर गोपालगंज सीवान मुंगेर नालंदा गया जहानाबाद बांका और काराकाट सीट पर चुनाव लड़ेगी वहीं भाजपा पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण शिवहर मधुबनी अररिया दरभंगा मुजफ्फरपुर महाराजगंज सारण उजियारपुर बेगूसराय पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम और औरंगाबाद में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी जबकि लोजपा हाजीपुर वैशाली समस्तीपुर जमुई खगड़िया और नवादा से चुनाव लड़ेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि उम्मीदवारों का फैसला जल्द ही किया जायेगा

गया सीवान वाल्मीकिनगर गोपालगंज और झंझारपुर में दो हजार चौदह में हुये लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी जबकि मुंगेर सीट पर लोजपा उम्मीदवार कामयाब रहा था वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को भाजपा ने अपनी वर्तमान नवादा सीट दी है इधर महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि गतिरोध को दूर करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की वहीं रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कृशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव के साथ गहन विचार विमर्श किया है सूत्रों ने बताया कि हम और रालोसपा पांच पांच सीटों की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ग्यारह से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से पहले के अड़तालीस घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ पचानवे की धारा एक सौ छब्बीस के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक रहेगी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत इक्यानवे सीटों के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही आम चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जायेगी ग्यारह अप्रैल को बिहार के औरंगाबाद जमुई गया और नवादा लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भी कल से नामांकन पत्र भरने का कार्य शुरू होगा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि नामांकन की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च हैं उन्होंने बताया कि छब्बीस मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि अठाईस मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं पहले चरण के तहत नामांकन कार्य के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं श्री सिंह ने बताया कि पहले चरण के संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी सुबह ग्यारह बजे से तीन बजे तक निर्वाची पदाधिकारियों के समक्ष अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे छुट्टी के दिन नामांकन कार्य नहीं होगा बिहार में लोकसभा के पहले चरण के चूनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी चुनाव को लेकर खास तौर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों का पहुंचना शुरू हो गया है पहले चरण में नक्सल प्रभावित जिलों में चुनाव को देखते हुये इन कोन्द्रीय बलों को तैनात किया जा रहा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान नई दिल्ली से सीधे इन केंद्रों पर नजर रखी जायेगी अररिया के जिलाधिकारी वैद्यनाथ यादव ने आज मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि इसके जरिये मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराने के साथ साथ उन्हें वोटिंग के लिए जागरूक किया जायेगा शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है नवादा के जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि सी विजील और टॉल फ्री नम्बर एक नौ पांच शून्य के जरिये आम लोगों को चुनाव से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चलाये जा रहे जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे अभियान में दो सौ इकसठ अस्त्र शस्त्र छब्बीस कारतूस और बारह बम बरामद किये गये हैं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए प्रयुक्त भाषा की कड़ी आलोचना की है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस श्री मोदी को नहीं हरा सकती इसलिए वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है बाईट मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते मोदी जी पर आरोप नहीं कर सकते इसलिए अब गाली गलोज करना यही कांग्रेस का मकसद बन गया है कितना सार्वजनिक चर्चा का स्तर गिराएगी कांग्रेस केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि परिश्रमी आम जनता के प्रति कांग्रेस के मन में कोई सम्मान नहीं है और इसलिए वह प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाने के लिए चौकीदार शब्द का उपयोग करती है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का वार्षिक समारोह आज दरभंगा में हृदय रोग के कारणों और इससे बचने के उपायों की चर्चा के साथ संपन्न हो गया सीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृणाल कांति दास ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि हृदय रोग के लक्षणों की समय पर पहचान कर समय से इलाज शुरू कर दिया जाए तो अधिकतर मरीजों की जान बचाई जा सकती है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है दरभंगा में अधिकतम तापमान चौंतीस डिग्री सेल्सियस जबकि गया में न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है होली के अवसर पर पटना से नोएडा गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को बस की टिकट बुकिंग पर दस प्रतिशत की छूट मिलेगी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि यात्री बाईस मार्च तक इस छूट का लाभ उठा सकते हैं श्री अग्रवाल ने बताया कि होली के बाद भी पटना से नोएडा और गाजियाबाद लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों का परिचालन जारी रहेगा किशनगंज जिले में सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने चौबीस लाख रुपये नकद के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया है सारण जिले के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में नगर और मुफस्सिल थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है